इस अवसर पर मेबो विधायक लोम्बो तायेंग ने लोगों से अपनी संस्कृति को संरक्षित और प्रचार करने और पौराणिक विश्वास को बनाए रखने को कहा उन्होंने युवाओं से तालोम रुकबो के नैतिक विचारधाराओं का अनुकरण करने को कहा जिन्होंने संगठित तरीके से दोन्यी पोलो धर्म को ओर विकसित किया लोवर सियांग सहित डोरलूंग मांगनांग सिले ओयान और असम के माजुलि धेमाजी और जोनाई में भी दोन्यी पोलो डे मनाया गया

इनमें सिनेमा के टिकट टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन तथा पावर बैंक शामिल है

म्यूजिक बुक संरक्षित सब्जियां और जनधन योजना के तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

अब राष्टीय राजधानी में रसोई गैस की कीमत चार सौ चौरानवें रुपये निन्यानवे पैसे हो गई है बिना सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत में एक सौ बीस रुपये पचास पैसे की कटौती की गई है दिल्ली में बिना सब्सिडि की रसोई गैस की कीमत छह सौ नवासी रुपये प्रति सिलेंडरो होगी

जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने कल लोकसभा में बताया कि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह और दो हजार अटठारह उन्नीस के दौरान अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम और मिजोरम से नए जनजातीय संस्थानों के प्रस्ताव मिले थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में चौबीस राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य ने पच्चीस जनजातीय शोध संस्थान चल रहे है जनजातीय शोध संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे जनजातीय संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए शोध का कार्य करें

यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों में किये जाने वाले दो खरब छियासी अरब पंद्रह करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का हिस्सा है पुनः पूंजी निवेश से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की ऋण देने की क्षमता बढ़ॆगी

इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को चवालीस अरब अठानवे करोड़ सिंडिकेट बैंक को सौलह अरब बत्तीस करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिय को सौलह अरब अठहत्तर करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्त हुई सरकार बैंक ऑफ इंडिया ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया में पूंजी आवंटन पहले ही कर चुकी है

एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने सभी के स्वस्थ्य और खुशहाल रहने की शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हजार उन्नीस में सभी की इच्छाएं पूर्ण होने की भी कामना की है

वे ईक्यासी वर्ष के थे कादर खान का कनाडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था उनक पुत्र सरफराज ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार देश मे ही किया जायेगा

ओपेक को एक अधिकारिक अधिसूचना भेजकर संगठन से अलग होने की जानकारी दी है और कहा है कि अब वह एल एन जी गैस के उत्पादन पर ध्यान देगा फारस की खाड़ी और कई अरब देशों द्वारा राजनयिक और आर्थिक नाकेबंदी किए जाने के कारन कतर ने यह फैसला लिया है इन देशों का आरोप है कि कतर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है कतर ने इन आरोपों को स्पष्ट रुप से खारिज कर दिया है

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र दस प्रयोगशालाओं के साथ संगठन की श्रुआत हुई थी

श्री रेड्डी ने कहा कि सश्सस्त्र सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणाली पर वर्षों से काम चल रहा है उन्होंने कहा कि देश में ही विकसित लड़ाकू विमान तेजस तथा वायुसेना की प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली सभी परीक्षणों से गुजरने के बाद लागू किए जाने के चरण में है श्री रेड्डी ने कहा कि देश के लिए विकसित देशों की तरह उन्नत और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली की जरुरत है